पहले चरण में बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इक्कानवें निर्वाचन क्षेत्रों में ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सभी पचीस सीटों और तेलंगाना में सत्रह सीटों पर पहले चरण में ही मतदान होगा इस चरण में उत्तरप्रदेश में आठ महाराष्ट्र में सात उत्तराखंड और असम में पांच पांच बिहार और औडिशा में चार चार जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश मेघालय और पश्चिम बंगाल में दो दो तथा छत्तीसगढ़ मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एक एक निर्वाचन क्षेत्रो में वोट डाले जाएंगे आंध्रप्रदेश विधानसभा की सभी एक सौ पचहत्तर सीटों ओडिशा विधानसभा की एक सौ चैत्तालीस में से अटठाइस सिक्किम विधानसभा की सभी बत्तीस और अरुणाचल प्रदेश प्रदेश विधानसभा की सभी साठ सीटों पर भी पर्चे भरने का आज अंतिम दिन है नामांकन पत्रो की जांच कल की जाएगी उम्मीदवार अटठाइस मार्च तक नाम वापस ले सकते है सभी चरणों के मतदान के बाद मतगणना तेइस मई को होगी

प्रदेश में लोकसभा की दो और विधानसभा की साठ सीटो के लिए पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को मतदान होगा राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये है पुलिस महानिरीक्षक और चुनाव सुरक्षा के मुख्य अधिकारी सुनील गर्ग ने बताया कि राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए पारा मिलिटेरी फोर्स के चौतीस कम्पनियां तैनात किए गए है उन्होंने बताया कि जल्द ही सात और कम्पनिया राज्य में तैनात की जायेगी श्री गर्ग ने कहा है कि राज्य पुलिस ने राज्य के पांच जिले को अति संवेदनशील श्रैणी में रखा है जहाँ अधिक सुरक्षा बलो की तैनाती की जाएगी

अब तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रो में निगरानी टीम द्वारा दो करोड़ रुपये से अधिक नगदी जब्त किया गया है

श्री मोदी ने कई टवीट संदेशो में देशभर के मतदाताओ से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार और मित्रों से भी रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने को कहे उन्होंने कहा कि इसका राष्ट्र के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव होगा श्री मोदी ने खेलकूद मीडिया और बॉलीवुड से भी मतदाताओ को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की उन्होंने मतदाता जागरुकता के नवाचार अभियानों में लगे लोगो से हैशटेग वोट कर का उपयोग करते हुए अपने अनुभवों का ब्यौरा साझा करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि साथ मिलकर प्रयास से अधिक से अधिक संख्या में मतदान सुनिश्चित हो सकेगा

उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को इन लोकसभा चुनाओ में और अधिक सीटें मिलेगी क्योकि इस समय श्री मोदी की जबरदस्त लहर है श्री माधव ने आरोप लगाया कि विपक्ष कमजोर और दिशाहीन है क्योंकि उसके पास कोई चुनावी मुद्दा नही है श्री माधव ने आशा व्यक्त की कि भाजपा को अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ पूर्वोत्तर में अच्छे नतीजे मिलेंगे

संयुक्त राष्ट्र एडंस कार्यक्रम के मुताबिक यह बीस हजार से ज्यादा देशों में सबसे बेहतर प्रदर्शन है और वर्ष दो हजार बीस की समय सीमा से तीन वर्ष पहले ही हासिल की गयी उपलब्धि है गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत एचआईवी ग्रस्त रोगियों के टीबी से मरने के मामलों में वर्ष दो हजार बीस तक पचहत्तर प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था